मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कोरोना संकमण से बचाव के लिए ट्रेन से ही दूसरे राज्यों त् में फंसे छात्र छात्राओं को वापस लाना होगा बेहतर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में कोरोना योद्वा है उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्म विश्वास के जाल में न फंसें और यह भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर गांव गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न ही पहुंचेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि दो गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए लोगों को एक दूसरे से दो गज की सुरक्षित दूरी पर रहना चाहिए और खुद को स्वस्थ रखना चाहिए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सताईस अप्रैल को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लॉकडाउन में दी गई छूट और उसके प्रभाव को लेकर बातचीत करेंगे

डाक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए जांच और संक्रमित लोगों का पता लगाना महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि पर्याप्त जांच सुविधाएं न होना समस्या है कांग्रेस के नेताओं ने नोवेल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर मौजूदा संकट के समाधान के लिए वीडियो कांफ्रेंस में चर्चा की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी को अन्य जगहों पर काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सुझाव दिया कि यह मजदूरों के मूल राज्यों पर छोड़ देना चाहिए कि अन्य राज्यों से मजदूरों को वापस लाने के क्या तरीके अपनाये जायें केंद्र सरकार ने आज विभिन्न् मंत्रालयों और विभागों में नए सचिवों विशेष सचिवों और अपर सचिवों की नियुक्ति की है सूचना और प्रसारण सचिव रवि मित्तल को खेल सचिव बनाया गया है उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सी बी एस ई की अध्यक्ष अनिता करवाल को स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव नियुक्त किया गया है इस महीने सेवानिवृत्त हो रही स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया है दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तरूण कपूर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किए गए हैं श्री तरूण बजाज को वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग का सचिव बनाया गया है कोरोना वायरस संकमण से लोग कैसे अपने आप को बचाए रख सकते है इसको लेकर धनबाद की सड़कों पर एक सामाजिक संस्था द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया नाटक मंच न के माध्यम से लोगों को यह बताने की कोशिश की गयी कि कोरोना वायरस कैसे लोगों को अपना शिकार बनाता है और इस जानलेवा वायरस से लोग अपने आप को कैसे बचाए रख सकते है सामाजिक दूरी का पालन कर नाटक मंचन को देखने वालेलोग मंत्रमुग्ध रह गए इस अवसर पर आम लोगों को सरकारी दिषा निर्देषों को पालन करने की शपथ दिलायी गयी इस मौके पर धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने लोगों से अपील की कि सभी कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन करें तभी इस मौत रूपी कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल हो पाएंगे सरायकेला खरसावां जिले के नक्सल प्रभावित चौका थाना क्षेत्र का डाक विभाग दिव्यांगों के लिए वरदान साबित हो रहा है डाक विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी लॉकडाउन की अवधि में भी सुद्रवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर पहुंच कर दिव्यांगजनों तक पेंशन की राशि पहंचा रहे है

श्री सोरेन ने बताया कि सरकार हर एक झारखण्डवासी की सकृशल झारखण्ड वापसी को लेकर तैयारी में जूटी है मुख्यमंत्री ने कहा कि वे न सिर्फ राजस्थान के कोटा में फसे राज्य के बच्चों को लेकर चिंतित है बल्कि उन्हें देश के विभिन्न शहरों में इंजीनियरिंग मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई करने गए छात्र छात्राओं की भी उतनी ही चिंता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को मजदूर भाइयों की सबसे ज्यादा चिंता है उन तक सहायता राषि और सूखा राशन भेजा जा रहा है लेकिन वे सब भी घर वापस लौटना चाहते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्री बसों के माध्यम से दूसरे राज्यों से बच्चों को वापस लाने में संकमण फैलने का खतरा बन जाता है इसलिए इस समस्या के निदान के लिए ट्रेनों का संचालन ही सबसे उपयुक्त तरीका है उन्होंने कहा कि ट्रेनों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन कर बड़ी संख्या में और आरामदायक तरीके से लोगों वापस लाया जा सकता है

पलामू जिले में एक साथ तीन कोरोना संक्रमित मरीज सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है

वहीं इन तीनों कोरोना संक्रमित मरीजों के रांची से आने की सूचना मिलने के बाद उनके संपर्क में आए परिजन और अन्य लोगों की तलाश तेज की गयी है जबकि कोरोना हाटस्पॉट जुरू पंचायत क्षेत्र को सील कर दिया गया है साथ ही क्वारंटाइन सेंटर मरीज के घर और उसके आसपास के क्षेत्रों को फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सैनिटाइज करने का कार्य किया जा रहा है

राज्य के सभी जिलों में दीदी किचन द्वारा जरूरतमंद लोगों तक पका हुआ भोजन पहँचाने का कार्य किया जा रहा है दीदी किचन के द्वारा खाना परोसते वक्त भी साफ सफाई एवं सोषल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है राज्य में अभी छह हजार आठ सौ तैतीस दीदी किचन संचालित है जिनके द्वारा रोजाना लाखों लोगों को पका हुआ भोजन कराया जा रहा है

पलामू जिले में लेस्लीगंज प्रखंड क्षेत्र में तीन लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिलने के बाद डोर टू डोर मेडिकल सर्वे का कार्य तेज कर दिया गया है सैनिटाइजेशन सहित स्थानीय लोगों के घरों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए प्रशासनिक तैयारी की गयी है लातेहार जिले की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली शराब बरामद की है